केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने ई सिगरेट पर भी लगाया प्रतिबंध चम्बल संभाग में बाढ़ ने बढ़ाया संकट तीन हजार से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहंचाया गया

तेरह जिलों में कल भी भारी बारिश का ओरेन्ज अलर्ट

इस पर दो हजार करोड़ रुपए का खर्च आएगा इस फैसले से करीब ग्यारह लाख बावन हजार कर्मचारियों को लाभ मिलेगा केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पत्रकारों को बताया कि कर्मचारियों की उत्पादकता और मनोबल को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उत्पादन आयात वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले अध्यादेश को भी मंजुरी दे दी श्रीमती सीतारमण ने कहा कि युवाओं पर पड़ने वाले ई सिगरेट के दुष्प्रभाव को देखते हुए यह अध्यादेश लाया गया है बाढ़ स्थिति चंबल नदी में लगातार बढ़ रहे जलस्तर से अटेर और सिंध नदी में बढ़ रहे पानी से लहार क्षेत्र में नदी किनारे बसे गाँवों में बाढ़ की स्थिति बनी हई है सबसे ज्यादा प्रभावित अटेर क्षेत्र के मुकुटपुरा रमाकोट खैराहट नखनोली गांव हैं इन गाँवों में फँसे लोगों को सेना की सुदर्शनचक कोर के इन्फेण्ट्री और ईएनई जवानों एसडीआरएफ होमगार्ड पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा राहत शिविरों में पहंचाया जा रहा है अभी तक ढाई हजार से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला गया है

मुरैना से ताजा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उपेन्द्र गौतम जुड़ रहे हैं

केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मुरैना और श्योपूर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया वहीं राज्य के कृषि मंत्री सचिन यादव कल से तीन दिन तक खरगौन जिले में अतिवृष्टि और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगें नीमच भोपाल रायसेन सहित कई जिलों में आज भी रुक रुककर बारिश का दौर जारी है

यहां इस सीजन में एक हजार छह सौ अट्ठासी दशमलव नौ मिलीमीटर से अधिक बारिश हो चुकी है

इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है

नगरीय विकास मंत्री जयवर्धन सिंह ने बताया है कि नगरीय निकायों द्वारा स्वयं की वित्तीय व्यवस्था के अनुसार ही इसका लाभ देने का निर्णय लिया जायेगा नगरीय निकाय स्वयं यह व्यय वहन करेंगे

इस योजना के तहत प्रदेश में भी लाखों मरीजों को गंभीर बीमारियों का निशुल्क इलाज मिला है

इसमें सभी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने बताया है कि तीनों वितरण कंपनियों द्वारा इंदिरा गृह ज्योति योजना के लिए साफ्टवेयर अपडेट कर लिया गया है और परीक्षण किया जा रहा है उपभोक्ताओं को जल्द ही इंदिरा गृह ज्योति योजना में नए बिल वितरित किए जाएंगे विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा युद्ध स्तर पर इंदिरा गृह ज्योति योजना को लागू करने के कार्य किए जा रहे हैं

शंकर शाह आज अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलन्द करने वाले गढ़ामंडला के राजा शंकरशाह और उनके पुत्र रघुनाथ शाह का बलिदान दिवस है